आज जालंघर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक सौ छवें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को आसान दनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए नेशनल रिसर्च लैबोरेट्रीज एंड साइंटिफिक आर्गनाइजेशन को सुलम सुगम और सस्ते समाधान तैयार करने होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा था उन्होंने कहा कि वे इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अटल नवसृजन मिशन की शुरूआत की है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लाभान्वितों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लोगों के जीवन में बदलाव लाने का दायित्व निभाती रहेगी और गरीबों के कल्याण का माध्यम बनेगी उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो रहा है

कांग्रेस सांसद विप्लव ठाकुर के शून्यकाल के दौरान पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह जानकारी दी विप्लव ठाकूर ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और आत्महत्या के कारण जानने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की भी मांग की

उन्होंने कहा कि समी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निराश्रित गोवंश और आवारा पशुओं की समस्या से जनपद की जनता और किसानों को राहत मिले उन्होंने कांजी हाउस का नाम बदलकर गो संरक्षण केन्द्र रखने के निर्देश दिए गो संरक्षण केन्द्रों में निराश्रित और आवारा पश्ओं को रखा जाए ताकि इस समस्या से निजात मिले उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दस जनवरी तक सभी निराश्रित और आवारा प्रग्नओं को गो संरक्षण केन्द्रों में पहुंचा दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि गो संरक्षण केन्द्रों में पशुओं के चारे पानी और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिरिचत की जाए जहां पर चहारदीवारी न मौजूद हो वहां पर फेन्सिंग की व्यवस्था की जाए साथ ही केयरटेकर भी तैनात किए जाएं जो इनकी देखरेख करें उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के मालिकों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए यदि कोई व्यक्ति गो संरक्षण केन्द्र से अपने पशु को छुड़ाने के लिए आए तो उससे आर्थिक दण्ड वसूला जाए उन्होंने कहा कि इस जनसमस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होगा

यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों में अधिकतर कैंसर हृदय किडनी तथा लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं

अब तक इस मामले में तैंतीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तीन दिसंबर को बुलंदशहर में भड़की हिंसा में भीड़ ने गौ हत्या की शिकायतों पर कार्रवाई में ढ़िलाई बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया था इस हमले में एक पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमाकर चौधरी ने बताया कि योगेश राज से पूछताछ की गयी है और उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में चौदह दिनों के लिए जेल भेज दिया

इससे केन्द्रीय और राज्य स्तर पर मजदूर संघों को मान्यता देने का काम आसान हो जाएगा कल नई दिल्ली में श्रम और रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा गठित त्रिपक्षीय निकायों में कामगारों के नामांकन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा

दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय अब मौजूदा साढ़े ग्यारह घंटे से कम होकर आठ घंटे का रह जाएगा रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बताया कि यह रेलगाड़ी कानपुर और इलाहाबाद स्टेशनों पर रूकेगी